मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उद्यमियों से पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश का किया आग्रह जनजातीय इलाकों में दूसरे दिन भी रूक रूक कर हिमपात निचले इलाकों में वर्षा से ठंड बढ़ी इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन आज धर्मशाला में संपन्न हुआ सम्मेलन के आज दूसरे दिन नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग फार्मास्यूटिकल रेलवे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर समानांतर क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए गए केंद्रीय रेल व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने इस अवसर पर निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की विविधता निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों से ये संभव हो पाया है उन्होंने कहा कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में उद्यमियों की सहभागिता से स्पष्ट होता है कि हिमाचल ने विकास की दिशा में एक ऊंची उड़ान भरी है और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है केन्द्रीय मंत्री ने प्रतिभागियों से हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य में पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार कड़ी मेहनत कर रही है

उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जानी थी मगर खराब मौसम को देखते हुए उनका दौरा रद्द हो गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उद्योग मंत्री विकम ठाकुर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया अनुराग ठाकुर इस बीच कोन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मेलन के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने में सहायक होगा निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एम एसएमई क्षेत्र का विकास केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने उद्यमियों से पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश का आग्रह किया है धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के आज दूसरे दिन निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य शुरू किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि फल और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के लिए हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं और इच्छुक निवेशकों को सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को और अधिक आकर्षक व उद्योगमित्र बनाने के उददेश्य से पर्यटन आयुष सूचना प्रौद्योगिकी व इलैक्ट्रॉनिक्स और जल विद्युत के क्षेत्रों में नीति में ज़रूरी संशोधन किए हैं

उन्होंने कहा कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के निवेशकों को सरकार हर प्रकार का सहयोग सुनिश्चित करेगी ताकि इन पर जल्द कार्य शुरू हो सके उन्होंने उम्मीद जताई कि निवेशकों के सहयोग से हिमाचल की आर्थिकी में बदलाव आएगा विक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने इन्वेस्टर मीट को सफल बताते हुए इसे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बताया है उन्होंने निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा विक्रम ठाकुर ने कहा कि उद्यमियों को आसानी से ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए भूमि बैंक की स्थापना की गई है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समाज के सभी वर्गों से अयोध्या राम मंदिर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की अपील की है ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि अयोध्या पर सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत का निर्णय जल्द आने वाला है उन्होंने कहा कि फैसला जो भी आए उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए वीरेन्द्र कंवर ने सभी वर्गो से बेवजह बयानबाजी न करने की अपील के साथ सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की सलाह दी है विरोध रैली कुल्लू जिला कांग्रेस समिति ने आर्थिक मंदी बेरोजगारी इन्वेस्टर्स मीट और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुददों को लेकर आज एक विरोध रैली निकाली जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल पार्टी अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया

मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में कही कहीं वर्षा हो रही है

केलंग से हमारे प्रतिनिधि कुंदन लाल ने बताया कि रोहतांग दर्रा बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं घाटी की अंदरूनी सड़कें भी वाहनों आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं

चंबा ज़िले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले भागों में बारिश का समाचार है चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग बंद हो गया है

उधर किन्नौर ज़िले के दूरदराज़ व ऊंचाई वाले इलाकों में हुए ताज़ा हिमपात से सेब सहित अन्य पारंपरिक फसलों को नुकसान हुआ है कांगड़ा जिला के धर्मशाला में दिनभर रूक रूक कर वर्षा होती रही जबकि राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिनभर हल्के बादल छाए रहे